प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हालांकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी काफी चीजें ख्ल गई हैं लेकिन हमें कोविड महामारी से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत हैं मन की बात कार्यक्रम के जरिये आकाशवाणी से आज प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलगाडिय़ां चलनी शुरू हो गई है तथा विशेष रेलगाडियां व श्रमिक विशेष रेलगाड़यां चलाई जा रही है हवाई यातायात भी शुरू किया जा चुका है तथा उद्योग भी शुरू हो रहे है प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि लोगों को शिलाई करने की जरूरत नहीं है तथा उन्हें एक दूसरे से दो गज की दूरी मास्क पहनना और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहने पर ध्यान देना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि इतनी परेशानियों के बाद देश ने कोरोना से यहां तक लड़ने में सफलता पाई है जिसे व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति व सेवा का उदाहरण है जिसमें देश की अधिकांश जनता को इस वायरस का सामना करना पड़ा कोरोना का भारत में इनता प्रसार नहीं हुआ जितना विश्व के दूसरे देशों में फैलाव हुआ है तथा यहां इससे मृत्यु दर भी कम रही है उन्होंने सेवा परमो धर्म का उदाहरण देते हये कहा कि भारत में सेवा का भाव अपने आप मे आनंद की तरह लिया जाता है महामारी के दौरान लोगों को हई परेशानियों पर दुख प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विशेषकर गरीबों व मज़द्रों को ज्यादा प्रभाव पड़ा है श्री मोदी ने श्रमिकों व प्रवासियों को घर पहंचाने के कार्य मे ज्टे लोगों की प्रंशसा की तथा सभी जिलों में एकांतवास की व्यवस्था करने वालों की भी उन्होंने बड़ाई की श्री मोदी ने वर्तमान समय को आंखे खोलने वाला बताते हये कहा कि इसमे अवसर भी है और भविष्य के लिए पाठ भी है

इसमें गांवों में रोज़गार स्वरोज़गार छोटे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने की बात करते हये प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को नयी ऊंचाईयों तक ले जायेगा

श्री मोदी ने योग को लोगों द्वारा अपनाये जाने तथा आय्र्वेद की तरफ लोगों की रूचि बढ़न्ने की बात करते हये कहा कि पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस है जो हमें जैव विविधता को अपनाने व प्रकृति के प्रति गहरे तरीके से जुड़ने की ओर बल देता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पठानकोट के दविव्यांग राजू के समाज भलाई के लिए किये जा रहे कार्यक्रमों की प्रंशसा की जो तालाबंदी के दौरान जरूरतमंदो को सहायता देने में की राजू ने प्रधानमंत्री का इस हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद किया है

इन उपायों की लगातार उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही है

वंदे भारत मिशन के तहत आज एयर इंडिया का विमाल यूक्रेन से चंडीगढ़ पहंचा है

इन्हें स्क्रीनिंग करने पर किसी से भी कोरोना वायरस के लक्ष्ण सामने नहीं आये है तथा एकांतवास के लिए इन्हें उनके राज्यों में भेज दिया गया है

हमारे संवाददता के अन्सार इनमे से दो महिलायें एक ही परिवार की है जो बाप्धाम कालोनी में रहती है जो शहर का कंटेनमेंट क्षेत्र है तथा उन्हें कोरोना पोजिटिव से सम्पर्क मे आने कारण संक्रमित होना पाया गया है

पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने चंडीगढ़ में बताया कि नाईट डोमिनेशन व नाकों में गशत बढ़ाकर अवैध व गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम की